इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध करते हुए राज्य के खराब संचार सुविधांए जल विद्युत परियोजना का धीमा विकास कृषि बाग़वानी और संबद्ध क्षेत्रों में संपर्क की कमी ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी और ड्रग्स के खतरों जैसे राज्य की चुनौतियों पर रोशनी डाली उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रसास का आह्वान किया राज्यपाल बी डी मिश्रा ने राज्य में अपने केंद्रीय सेवा अधिकारियों के काडर की जरुरत को फिर से दोहराया इस सम्मेलन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि जब पुलिस कर्मी अपनी कर्तव्य का निर्वाह करते है तो लोग सुरक्षित महसुस करते है ईस्ट सियांग जिला पासीघाट में रविवार को हुए जन संपर्क बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने यह बात कही श्री फेलिक्स ने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सिविलियन के साथ मैत्रिपूर्ण संबंध बनाए रखे ताकि पुलिस और सीविलियन के बीच विश्वास और सद्भाव बनी रहे पुलिस की भूमिका और कर्तव्य को स्वीकार करते हुए श्री फेलिक्स ने सुरक्षित समाज के लिए समुदायिक पुलिसिंग को जारी रख अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाने को कहते हुए कहा कि कर्तव्य की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी गृहमंत्री ने नागरिकी से प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए सहयोग की अपील की वही नामसाई जिले में छिटपुट घटनाओं के मद्देनजर गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने रविवार को कानून और व्यवस्था की जांच के सिलसिले में नामसाई जिले का दौरा किया दो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन और प्रलिस किस तरह से कानून और व्यवस्था को संभाले हुए है उसकी जांच के लिए गृह मंत्री ने जिले का दौरा किया इस बीच श्री फेलिक्स ने संबद्ध समुदाय आधारित संगठनों से मिलकर हिंसा से बचने की अपील की उन्होंने दोनों संगठनों से मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरिके से निपटाकर भाईचारे की भावना पैदा करने को कहा राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएंगे भारतीय संविधान सभा ने संविधान को छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास को अपनाया था और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू किया था उन्नीस नवंबर दो हजार पंद्रह को भारत सरकार ने छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के रुप में मनाने की घोषणा की पूरे राष्ट्र के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे कल ईटानगर स्थित डी के हॉल में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चालो लोकू उत्सव के अवसर पर राज्यवासियों को शुभ कामनाए दी है राज्यपाल ने आशा जताई की तिराप जिले के नोक्ते लोगों का यह सामाजिक धार्मिक पर्व राज्य के नागरिकों के बीच शांति और भाईचारे का पैगाम लाएंगे वहीं श्री खांडू ने नोक्ते जनजाती द्वारा चालो लोकू को हर साल पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जाने की सराहना की महाराष्ट्र में इक्कीस से तेईस नवंबर तक सातवें विश्व चाय और कॉफी एक्सपो आयोजित किया गया एक्सपो में अरुणाचल प्रदेश में उत्पादित ऑर्गेनिक ग्रीन टी और वाईट टी की राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के बीच बढ़ी मांग रही अरुणाचल पैविलियन को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया इस एक्सपो में आठ चाय उत्पादक देश के पैंसठ विदेशी कंपनियों ने भाग लिया एक्सपो में अरुणाचल के लघु चाय उत्पादकों ने विभिन्न किस्मों के चाय का प्रदर्शन किया मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज लोकसभा में बताया कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग तीस हजार अध्यापकों के पद खाली है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरें शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों से ऐसे अनुबंधित अध्यापकों का पैनल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश बनाने को कहा है जो विख्यात शिक्षकों तथा एम फिल और पीएचडी के लिए योग्य शोधकर्ताओं पर आधारित हों नोर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल दो हजार उन्नीस के सातवें संस्करण के आयोजन के लिए कल तवांग में प्रारंभिक समन्वयक बैठक हुई जिला उपायुक्त प्रभारी के नेतृत्व में युवा अरुणाचल अध्यक्ष सेतान चोम्बे जिले के सभी विभागीय प्रमुख सेना पब्लिक लीडर्स और छात्र नेताओं के प्रतिनिधि बैठक में शामिल थे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 आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया